कहा प्रतिदिन मामले की सुनवाई जारी रहेगी

और गंगा सोन सहित विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवादित भूमि मामले से जुड़े विभिन्न पक्ष अगर चाहें तो इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझा सकते हैं अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वह चाहती है कि मामले की सुनवाई प्रतिदिन हो और यह इस वर्ष अठारह अक्तूबर तक पूरी हो जाए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफएमआई कलिफुल्ला की अध्यक्षता में मध्यस्थता की प्रक्रिया जारी रह सकती है और इसके समक्ष होने वाली सुनवाई गुप्त रखी जाएगी गौरतलब है कि इस वर्ष अगस्त में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई शुरू की थी क्योंकि मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए आरंभ हुई मध्यस्थता प्रक्रिया विफल हो गई थी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी राजद विधायक अरूण यादव की गिरफ्तारी के लिये भोजपुर पुलिस पटना में विधायक के आवास पर छापेमारी कर रही है इस अभियान में साक्ष्य एकत्र करने के लिये पुलिस के साथ फोरेंसिक विभाग के विशेषज्ञों को भी लगाया गया है गौरतलब है कि भोजपुर पुलिस के अनुरोध पर विशेष पोक्सो अदालत ने पिछले दिनों राजद विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था राजद विधायक मामला दर्ज होने के बाद फरार है राज्य में कल रात हुई जोरदार बारिश वज्रपात और तेज हवा से राजधानी पटना सहित विभिन्न जिलों में चौबीस लोगों की मौत हो गयी वजपात से कई लोगों के झुलसने की भी सूचना है गया जिले में विभिन्न स्थानों पर सात लोगों की मौत हो गयी वहीं पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में तीन तीन जबकि पटना अरवल और जहानाबाद में दो दो व्यक्तियों की मृत्यु की खबर है आपदा प्रबंधन विभाग ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है इधर तेज हवा के कारण पटना के पुलिस लाईन स्थित शस्त्रागार के पास पेड़ गिरने की घटना में नौ पुलिसकर्मी घायल हो गये घायलों का इलाज पटना स्थित पीएमसीएच में किया जा रहा है पूर्वी उत्तर समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही तेज बारिश के कारण प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी बक्सर में खतरे के निशान को पार कर गयी है जिसके कारण जिले के सिमरी और चौसा प्रखंड में बाढ़ का पानी फैल गया है कोइलवर तटबंध पर भी गंगा की तेज धारा के कारण दबाव बढ़ गया है अर्जुनपुर शाहपुर समेत जिले के विभिन्न इलाकों में कई गांव जलमग्न हो गये हैं भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के कई गांव भी बाढ़ के पानी से घिर गये हैं प्रशासन ने हालात से निपटने के लिये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया है इधर गंगा नदी पटना के दीघा घाट गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक बागमती सोन पुनपुन समेत कई नदियों का जलस्तर भी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि गंगा नदी के सभी बांध सुरक्षित हैं और विभिन्न जिला प्रशासन नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए चौकसी बरत रहे होंके पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बड़ी संख्या में कानून के उल्लंघन से जुड़े लंबित मामलों को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है इस मामले की अगली सुनवाई चौबीस अक्टूबर को होगी राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद दो लाख से ज्यादा मामले लंबित है गृह विभाग ने प्रलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार सुधांशु को काम में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया है पुलिस उपाधीक्षक को भागलपुर के कहलगांव में अपने पद पर रहते हुए एक मामले की जांच के दौरान एक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं करने का दोषी पाया गया है मनोज कुमार सुधांशु वर्तमान में बिहार सैन्य पूलिस की बटालियन संख्या चार में पदस्थापित हैं केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियापूर सांसद नित्यानंद राय ने समस्तीपूर जिले के पच्चीस दिव्यांग बच्चों को गोद लिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस को समर्पित सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत दलसिंहसराय में आयोजित कार्यक्रम में श्री राय ने यह घोषणा की उन्होंने कहा कि गोद लिये दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य उनकी शिक्षा और शादी तक की सभी जिम्मेदारी वे निभायेंगे इधर पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत दानापुर के आर्य समाज डीएवी स्कूल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मध्यम से भारी वर्षा हुई है मौसम विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक चौरानवे दशमलव चार मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी है दरभंगा में पचहत्तर दशमलव दो फारबिसगंज में इक्यावन दशमलव चार डिहरी में उनसठ दशमलव छह सारण में चौवालीस दशमलव छह और सुपौल में उनतालीस दशमलव एक मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी इधर अत्याधिक वर्षा से विभिन्न जिलों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गयी है जिससे लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना गया भागलपुर और पूर्णिया समेत राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में कई स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की भी आशंका है बेगूसराय के पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने आज आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है वर्ष दो हजार नौ के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेघड़ा के तत्कालीन सेक्टर मजिस्ट्रेट ने मोनाजिर हसन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था बिहार प्रदेश जनता दल यूनाईटेड का सांगठनिक चुनाव आज सम्पन्न हो गया पार्टी ने पच्चीस जिला और नगर अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये हैं सूची के अनुसार पूर्व सांसद कैलाश बैठा को बगहा पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी को समस्तीपुर अली हसन अंसारी को दरभंगा नगर इंद्रदेव पटेल को सीवान का जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने पांच हजार लीटर से अधिक विदेशी शराब की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के श्याम सिनेमा रोड से पुलिस ने उनासी कार्टन विदेशी शराब के साथ एक चालक को गिरफ्तार कर लिया इधर भागलपुर के जीरो माईल थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर में पुलिस ने छापेमारी कर पचास किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस ने मौके से एक लाख पचपन हजार रूपये नकद बरामद किया है जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतरिया इलाके में एक ही परिवार के तीन लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया है कि कर्ज से परेशान एक व्यक्ति ने अपने परिवार के दो अन्य सदस्यों के साथ कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है मामले की जांच चल रही है भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाजी गौसगंज ईलाके से पुलिस ने तीन सौ ग्राम हेरोइन के साथ पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है बिहार पुलिस मुख्यालय ने इकतालीस पुलिसकर्मियों को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग कार्यालय में पदस्थापित किया है आयोग के सचिव की अनुशंसा पर दो इंस्पेक्टर सोलह दारोगा तीन एएसआई और उन्नीस सिपाही को पदस्थापित किया गया है नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरधर चक गांव में करंट की चपेट में आकर दो बच्चों की मौत हो गई कटिहार जिले के बारसोई में नये परिवहन नियम के तहत बड़े जुर्माने के खिलाफ ऑटो चालको ने प्रदर्शन किया अनुमंडल कार्यलय के समक्ष हुए प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक महबूब आलम ने किया उद्योग मंत्री और मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि सरकार की विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किया जाये

और गंगा सोन सहित विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी